प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदो ने देशवासियों को तंदुरूस्ती का एक मंत्र दिया जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज उन्होंने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आहवान किया फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य सभी का सुख छिपा हुआ है फिर चाहे वो योग हो या बेडमिंटन हो टेनिस हो या फुटबॉल हो जो भी आपको पंसद आए कम से कम तीस मिनट रोज कीजिए प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरूस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की इस संवाद में भाग लेने वाले लोगों ने तंदुरूस्ती तथा स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकोल की भी शुरूआत की श्री मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली अभिनेता मिलिंद सोमन फूटबाल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने सभो देशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की आज का ये डिस्काशन हर आयु वर्ग के लिए और भिन्न भिन्न रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनीवर्सरी पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं

देश में हैल्थ और फिटनेस को लेकर निरतंर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है श्री मोदी ने कहा कि विश्व के कई देशों ने तंदुरूस्ती के बारे में अनेक लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जर्मनी ब्रिटेन और अमरीका जैसे कई देशों में व्यापक स्तर पर फिटनेस अभियान चलाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर से अभिभावक हमें सभी अच्छी आदतें सिखाते हैं लेकिन तंदुरूस्ती के मामले में ऐसा नहीं है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए यूवा अपने अभिभावकों की मदद कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ध्यान व्यायाम सैर दौड़ स्वस्थ खान पान और तैराकी जैसी गतिविधियां हमारी प्राकृ तिक चेतना का हिस्सा बन रही हैं

राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवायोजना का महत्वपूर्ण अंग है इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू इसका भाव है अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना

उन्होंने चिकित्सा संस्थानों को वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करने के लिये भी कहा

उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन सौ या इससे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले वहां संक्रमण नियंत्रण के लिये विशेष रणनीति अपनाई जाये इन जनपदों में नोडल अधिकारी नामित किय जाये जिसमें प्रत्येक नोडल अधिकारी के साथ एक विशेष सचिव स्तर का अधिकारी भी तैनात होगा मुख्यमंत्री ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिये कहा साथ ही कोई भी सार्वजनिक आयोजन न आयोजित करने के निर्देश दिये लोगों से अपील की कि वे अपने घरों पर ही रहकर त्यौहारों को मनाये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

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री तोमर ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को फसल की कीमत की गारंटी मिलेगी इसलिए वे समय पर बुआई कर सकेंगे उन्होंने स्पष्ट किया कि उपज बेचने का अनुबंध केवल उपज तक ही सीमित होगा और उसका खेती की जमीन से कोई संबंध नहीं होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि संबंधित बिलों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो बिल पास किये हैं उससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है उन्होंने कहा कि देश का किसान दशकों से इसकी मांग करता रहा है पिछली सरकारों ने घोषणाएं तो की लेकिन किसानों के हित में कोई ठोस फैसला नहीं लिया

इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में चारों ओर विकास हो रहा है केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में लाये गये कृषि बिलों के बारे में उन्होंने कहा कि इन बिलों से किसानों का बिल्कूल भी अहित होने वाला नहीं है विपक्ष के पास कोई मुददा नहीं है और वह इसे अनावश्यक रूप से तूल दे रहा है इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग मंत्री ने अमरोहा हसनपुर मार्ग का नाम अतंर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान के नाम पर करने की घोषणा की

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि पिछले एक सप्ताह से राज्य में उपचारित होने वालों की संख्या कोरोना के नये मरीजों की अपेक्षा ज्यादा है

प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है वहीं इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है कृषि विशेषज्ञों द्वारा वर्षा को धान सहित अन्य फसलों के लिये लाभदायक बताया जा रहा है लेकिन तेज हवाओं के कारण फसलों के गिरने से नुकसान भी हुआ है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक वर्षा की आशंका व्यक्त की है गोरखपुर कुशीनगर बस्ती अयोध्या सिद्धार्थनगर सहित कई अन्य जनपदों में ज्यादा वर्षा दर्ज की गई बलरामपुर में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो रही है एक रिपोर्ट जनपद बलरामपुर में तेज हवा के साथ रात से ही हो रही बरसात से जहां धान की फसल को भरपूर फायदा हुआ है वही हवा के कारण गन्ने की फसल गिर गई है

किसानों ने कहा कि इसमें पानी की बहुत आवश्यकता थी ऐसे में यह बरसात किसानों के लिए काफी लाभकारी है

समाप्त